केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आश्वासन बैंकों के विलय से किसी की नहीं जाएगी नौकरी चंद्रयान टू का चन्द्रमा की पांचवी और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश यातायात नियमों के उल्लंघन पर बढ़ाया गया जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान कल से हुए लागू देशभर में कल से तीस सितम्बर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय हे पूरक पोषण प्रधानमंत्री की संपूर्ण आहार की महत्वपूर्ण योजना पोषण अभियान में विभिन्न मंत्रालयों की भागीदारी है इसके अंतर्गत दो हजार बाईस तक कुपोषण की समस्या का निदान किया जाना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पच्चीस अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कुंपोषण का उल्लेख करते हुए कहा था जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न परिवार कुपोषण के शिकार होते हैं आज जागरूकता के अभाव में कुपोषण से गरीब भी और संपन्न भी दोनों ही तरह के परिवार प्रभावित हैं पूरे देश में सितंबर महीना पोषण अभियान के रूप में मनाया जायेगा आप जरूर इससे जुडिये जानकारी लिजिये कुछ नया जोडिये आप भी योगदान दीजिये अगर आप एकाघ व्यक्ति को भी कुपोषण से बाहर लाते हैं मतलब हम देश को कुपोषण से बाहर लाते हैं प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राष्ट्रीय पोषण माह का श्मारम्म किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गर्मवती महिलाओं और बच्चों को सुपोषण थाली भी वितरित की और उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह दी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक नागरिक का स्वस्थ होना जुरूरी है मुख्यमंत्री ने कुपोषण के खिलाफ इस जंग के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी आगे जाकर देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकेंगे कार्यक्रम में छः से सात माह के बच्चों का अन्नप्राशन किया गया किशोरियों को पोषण की पोटली दी गयी और गर्मवती महिलाओं की गोद भराई भी की गयी अनेक बच्चों को भोजन खिलाया गया और कुछ बच्चों को मुख्यमंत्री ने स्वयं भोजन परोसा कल से ही प्रदेश सभी जिलों में पोषण अभियान शुरू किया गया मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते से संबधित देशों का चौदहवां सम्मेलन आज से ग्रेटर नोयडा में शुरू हो रहा है यह सम्मेलन तेरह सितम्बर तक चलेगा विश्वभर से तीन हजार से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे

बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जाएगा हम देहरादून में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कर रहे हैं जिससे इस क्षेत्र में शोव को गति मिलेगी एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी और मरूस्थलीयकरण को रोक पाएंगे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय से किसी की नौकरी नहीं जाएगी चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बैंकों के विलय के बाद नौकरियां खत्म होने की खबरों का खंडन करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया मैंने बहत स्पष्ट रूप से इस तथ्य को रेखाकिंत किया है कोई भी कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा इस मौके पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगी कि किसी एक भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है श्रीमती सीतारामन ने मजदूर संघों को आश्वस्त किया कि बैंकों के विलय का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है इससे बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा कोई भी बैंक बंद नहीं हो रहा है किसी भी बैंक को जो वो पहले कर रहे थे उससे कुछ अलग करने के लिए नहीं कहा जा रहा है वास्तव में हम उन्हें अधिक पूंजी दे रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे उसे और मजबूती से करने के लिए अर्थव्यवस्था के मंद पड़ने से संबंधित एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इसे आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार देख रही है सरकार अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी वित्त मंत्री ने शुक्रवार को एक बड़ी योजना की घोषणा की थी कि दस सरकारी बैंकों को मिला कर चार बैंक बनाये जायेंगे इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर के मजबूत बैंक बनाना है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक विज्ञप्ति में बताया कि आर्विटर पर मौजूद इंजन छह बजकर इक्कीस मिनट पर शुरू हुआ और बावन सैकंड तक चला इससे आर्बिटर ध्रवीय पोल एक सौ उन्नीस गुना एक सौ सत्ताईस किलोमीटर कक्षा के नजदीक पहुंच गया इस दौरान अंतरिक्ष यान के सभी मानक सामान्य रहे आर्विटर अगले एक साल से अधिक समय तक चन्द्रमा का चक्कर लगाता रहेगा इस दौरान यह चन्द्रमा के धरातल की तस्वीरें लेगा और चन्द्रमा के बाहरी वातावरण की जानकारी एकत्र करेगा चन्द्रयान दू का लैंडर विक्रम आज आर्बिटर से अलग हो जायेगा इसका संभावित समय बारह बजकर पैंतालिस मिनट से एक बजकर पैंतालिस मिनट है लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है और इस मुहिम में सफलता मिली है

जिसमें हाई स्कलऔर इण्टरमीडिएट की राज्यस्तरीय मेरिट में शामिल एक सौ बीस मेधावियों को एक एक लाख रूपये टेबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया गया समारोह में जिला स्तर पर टॉप टेन की सूची में शामिल एक हजार पांच सौ पचहत्तर मेघावियों को इक्कीस हजार रूपये और टेबलेट देकर सम्मानित किया गया समारोह में मुख्यमंत्री ने मेघावी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा मात्र डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि सर्वगीण विकास की आधारशिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षिक सत्र में सुधार शिक्षकों की उपस्थिति पाढ़य सामग्री की उपलब्धता और नकल विहीन परीक्षा जैसे तमाम उपायों से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में सुधार आया है उन्होंने इस दिशा में और काम करने की ज़रूरत पर बल दिया मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान कल से लागू हो गये हैं इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है लालबत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हज़ार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा शराब पीकर वाहन चलाने पर दस हजार रुपये भरने होंगे बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा इसके लिए पच्चीस हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे प्रदेश की लखनऊ छावनी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड की महिला सिपाहियों का भर्ती मेला बारह सितम्बर से बीस सितम्बर तक आयोजित किया जायेगा इस भर्ती के लिए पच्चीस अप्रैल से तीस जून तक पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों में से चार हजार चार सौ अट्ठावन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना के मध्य कमान स्थित भर्ती निदेशालय की ओर से विशेष इंतजाम किये जा रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी के तत्वावधान में कल चंदौली जिले के सकलडीहा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन ैंकिया गया ग्रमीण क्षेत्र में रहने वाले पत्रकारों और भारत सरकार के बीच सवाद स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी के निदेशक सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा कि यह वार्तालाप कार्यक्रम दोतरफा संवाद का माध्यम है